अंतिम चरण के लिये नामांकन प्रक्रिया जारी विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी मंत्री विजेन्द्र यादव और विनोद नारायण झा ने भरा पर्चा

बुलेटिन की शुरूआत इस संकल्प के साथ कोविड उन्नीस महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है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

एनडीए और महागठबंधन समेत अन्य राजनीतिक दलों के नेता मतदाताओं को अपने पक्ष में करने में जूटे हैं निर्दलीय प्रत्याशी भी जनसम्पर्क अभियान चला रहे हैं जदयू अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज गया औरंगाबाद और जहानाबाद में चुनावी सभाओं को संबोधित किया श्री कुमार ने गया के टेकारी विधानसभा क्षेत्र में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य में हर घर में बिजली है हर गांव तक सड़क है उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून का राज है श्री कुमार ने कहा कि अपराध भ्रष्टाचार और साम्प्रदायिकता को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जायेगा उन्होंने मतदाताओं से कहा कि आपको ये ख्याल रखना है कि आपका विकास न रुके आप विकास की मुख्यधारा से जुड़े रहें वहीं राजद नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने गया और नवादा जिले में चुनावी सभाओं को संबोधित किया उन्होंने महागठबंधन उम्मीदवार के पक्ष में मतदान करने की अपील की भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य ने जहानाबाद जिले के घोषी विधानसभा क्षेत्र और मोदनगंज में चुनावी सभाओं को संबोधित किया श्री भट्टाचार्य ने कहा कि इस बार महागठबंधन की सरकार बननी तय है जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्प् यादव ने चुनावी सभाओं को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य को अगर विकास के पथ पर ले जाना है तो उनकी पार्टी के प्रत्याशियों को विजयी बनाये बिहार विधान परिषद की शिक्षक और स्नातक क्षेत्र की आठ सीटों के लिए चूनाव प्रचार कल शाम समाप्त हो जायेगा मतदान बाईस अक्टूबर को होगा जबकि बारह नवम्बर को मतगणना होगी जिन सीटों के लिए चुनाव होना है उनमें पटना दरभंगा तिरहुत और कोसी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र तथा पटना दरभंगा तिरहुत और सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र शामिल हैं इधर विधानसभा चुनाव के दौरान विभिन्न दलों के नेताओं और स्टार प्रचारकों की सभाओं के दौरान हमले की खुफिया सूचना को देखते हुए पुलिस मुख्यालय ने अलर्ट जारी किया है पहले चरण में इकहत्तर विधानसभा सीटों में से कई नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में है पुलिस मुख्यालय के अपर महानिदेशक जितेंद्र कुमार ने कहा है कि सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों और सभी रेंज के आईजी और डीआईजी को सतर्कता बरतने के निर्देश दिये गये हैं इसके अलावा सभी रैली और सभा स्थलों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम करने को कहा गया है गौरतलब है कि भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी तेईस अक्तूबर से राज्य में चुनावी सभाओं की शुरूआत कर रहे हैं वे चुनाव प्रचार के दौरान अलग अलग स्थानों पर बारह रैलियों को संबोधित करेंगे वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल कई चुनावी सभा को संबोधित करेंगे विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिये नाम वापसी का कार्य आज समाप्त हो गया इस चरण के लिये एक हजार छह सौ अंठानवे उम्मीदवारों ने नामांकन किया था चुनाव आयोग के अनुसार जांच के बाद एक हजार पांच सौ दस उम्मीदवारों के पर्च वैध पाये गये सीतामढ़ी जिले के रून्नीसैदपुर विधानसभा क्षेत्र से आठ बेलसंड विधानसभा क्षेत्र से पंद्रह और सीतामढ़ी क्षेत्र से बारह प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं वहीं पटना जिले के बांकीप्र विधानसभा क्षेत्र में बाईस क्म्हरार में चौबीस फुलवारी में छब्बीस और मनेर में बाईस उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं जबकि दानापुर विधानसभा क्षेत्र में एक प्रत्याशी के नाम वापस लेने के बाद उन्नीस बख्तियारपूर से चार प्रत्याशी के नाम वापस लेने के बाद चौदह और पटना साहिब से एक प्रत्याशी के नाम वापस लेने के बाद बारह उम्मीदवार बचे हैं दूसरे चरण में तीन नवम्बर को चौरानवे विधानसभा सीटों पर मतदान होगा विधानसभा चूनाव के तीसरे और अंतिम चरण के लिए नामांकन की प्रक्रिया जारी है इस चरण में अब तक तीन सौ सैंतीस उम्मीदवारों ने अपने नामजदगी का पर्चा दाखिल किया है समस्तीपूर जिले के सरायरंजन विधानसभा क्षेत्र से निवर्तमान विधानसभा अध्यक्ष और जदयू प्रत्याशी विजय कुमार चौधरी ने मधुबनी जिले के बेनीपट्टी विधानसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार और मंत्री विनोद नारायण झा ने पर्चा भरा

सीतामढ़ी जिले में परिहार विधानसभा क्षेत्र से राजद उम्मीदवार ऋतु जायसवाल ने आज अपना नामांकन का पर्चा दाखिल किया वारिसनगर विधानसभा क्षेत्र से जदयू के अशोक कुमार लोजपा की उर्मिला सिन्हा और रालोसपा के विनोद कुमार सिंह ने अपना अपना नामांकन पत्र दाखिल किया वहीं समस्तीपुर सदर विधानसभा क्षेत्र से राजद के अख्तरूल इस्लाम शाहीन जबकि जदयू की ओर से अश्वमेध देवी और लोजपा के महेन्द्र प्रधान ने नामांकन का पर्चा दाखिल किया

दरभंगा जिले के केवटी विधानसभा क्षेत्र से राजद उम्मीदवार अब्दुल बारी सिद्दकी ने नामांकन पर्चा दाखिल किया सीतामढ़ी जिले के सुरसंड विधानसभा क्षेत्र से राजद के सैयद अबू दोजाना लोजपा के माधो चौधरी ने नामांकन का पर्चा दाखिल किया वहीं रीगा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के अमित कुमार टुन्ना ने नामांकन पत्र दाखिल किया हरलाखी विधानसभा क्षेत्र से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य सचिव रामनरेश पांडेय ने नामांकन पत्र दाखिल किया वहीं कटिहार जिले में कटिहार सदर सीट से भाजपा के वरिष्ठ नेता और मौजूदा विधायक तारकिशोर प्रसाद कोढ़ा से भाजपा प्रत्याशी कविता देवी पासवान और जन अधिकार पार्टी के वकील दास कदवा विधानसभा क्षेत्र से जदयू के सूरज प्रकाश रॉय और कांग्रेस के शकील अहमद खां और बरारी विधानसभा क्षेत्र से जदयू के विजय सिंह निषाद राजद के नीरज कुमार यादव लोजपा से विभाष चंद्र चौधरी तथा बलरामपुर विधानसभा क्षेत्र से सीपीआई माले के महबूब आलम और वीआईपी से वरूण झा मनिहारी विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के मनोहर प्रसाद सिंह और लोजपा के अनिल उरांव तथा प्राणपुर विधानसभा क्षेत्र से तौकीर आलम ने नामांकन पत्र दाखिल किया है तीसरे चरण के लिये कल नामांकन का अंतिम दिन है इक्कीस अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी जबकि नाम वापसी की अंतिम तारीख तेईस अक्टूबर है तीसरे चरण के लिये मतदान सात नवंबर को होगा इधर वाल्मीकिनगर संसदीय क्षेत्र में सात नवम्बर को होने वाले उप चुनाव के लिए अभी तक मात्र एक नामांकन पत्र दाखिल किया गया है

जमालपुर सीट से मौजूदा विधायक और ग्रामीण कार्य मंत्री रैलेश कुमार पांचवी बार विधायक बनने के लिए जदयू से चुनावी मैदान में उतरे हैं वही कांग्रेस ने अजय कुमार सिंह को मैदान में उतारा है जदयू के बागी दुर्गेश प्रसाद सिंह के लोक जनशक्ति पार्टी से चुनाव में उतरने से जमालपुर में रोचक मुकाबले के आसार है तारापुर से जदयू ने मौजूदा विधायक मेवालाल चौधरी को फिर से मौका दिया है जदयू प्रत्याशी मेवालाल चौधरी सबौर कृषि विश्वविद्यालय में नियुक्ति घोटाले में अमी जमानत पर हैं तारापुर का तीन बार प्रतिनिधित्व कर चुके शक्नी चौधरी इस बार चुनावी मैदान में नहीं हैं इधर राष्ट्रीय जनता दल ने इस सीट पर युवा उम्मीदवार में भरोसा जताया है अट्टाइस वर्ष की दिव्या प्रकाश तारापुर से सबसे कम उम्र की प्रत्याशी हैं वे पूर्व केंद्रीय मंत्री जय प्रकाश नारायण यादव की बेटी हैं मौजूदा विधायक विजय कुमार विजय मुंगेर सीट से राष्ट्रीय जनता दल का टिकट नहीं पा सके हैं इस बार अविनाश कुमार विद्यार्थी राजद के प्रत्याशी हैं जबकि भाजपा ने पिछले विधान सभा चुनाव के उप विजेता प्रणव कुमार में भरोसा जताया है लोक जनशक्ति पार्टी के अलावा राष्ट्रीय लोक समता पार्टी बहुजन समाज पार्टी और जन अधिकार पार्टी ने भी अपने प्रत्याशियों को जिले की विभिन्न सीटों चुनावी अखाडे में उतारा है आकाशवाणी समाचार के लिए मुंगेर से श्रीकृष्ण प्रसाद हमारे संवाददाता ने बताया कि पटना जिले की मोकामा विधान सभा सीट पर इस बार रोचक मुकाबला है

गंगा के टाल और दियारा के दुर्गम क्षेत्रों की तरह मोकामा की राजनीति भी स्थानीय मृद्रों और सामाजिक समीकरणों के कारण जटिल मानी जाती है वोटरों के मन इस बार क्या है उसका खुलासा तो चुनाव परिणाम के बाद ही होगा

बेबाक बोल के लिए चर्चित अनंत सिंह कई आपराधिक मामलों में आरोपी हैं और जमानत पर ही चुनाव लड़ रहे हैं

इस बार जनता दल यूनाइटेड ने अपने पूराने कार्यकर्ता राजीव लोचन नारायण सिंह को टिकट दिया है लोक जनशक्ति पार्टी और राष्ट्रीय लोक समता पार्टी ने भी अपने उम्मीदवार उतारे हैं

आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से अभिषेक दास राज्य में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने वालों की संख्या तेजी से बढ़ रही है कोरोना से स्वस्थ होने की दर चौरानवे दशमलव चार सात प्रतिशत हो गयी स्वस्थ्य विभाग के जारी आंकड़ो के अनुसार अब तक लगभग एक लाख चौरानवे हजार मरीज स्वस्थ हो चुके हैं इधर विभिन्न जिलों से पिछले चौबीस घंटों के दौरान कोरोना संक्रमण के नौ सौ बारह नये मामलों की पुष्टि हुई है इसके साथ ही संक्रमितों की संख्या बढ़कर दो लाख पांच हजार एक सौ चौबीस हो गयी है नई दिल्ली की डॉक्टर अपर्णा अग्रवाल ने त्योहारों के मौसम में कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए चार प्रमुख सुरक्षा उपाय अपनाने की अपील की उन्होंने अन्य लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कोविड उन्नीस से संक्रमित होने की स्थिति में खुद को आम लोगों से अलग रखने की आवश्यकता पर बल दिया साउंड बाईट चार चीजे हाथ अपने साफ रखने है मास्क हमेशा पहनना है फिजिकल डिस्टेंसिंग रखनी है और खांसी जुखाम किसी का गला खराब हो तो अपने को अलग रखना है और त्योहार के समय में अमी सीजन में इसका और खास ध्यान रखना है क्योंकि अगर हम ये सावधानी नहीं बरतेंगे तो अपने घरवालों के अलावा दूसरों को भी कोरोना फैला सकते हैं केन्द्रीय कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने आज आयुष्मान सहकार योजना की शुरूआत की यह योजना देश में स्वास्थ्य क्षेत्र की बुनियादी सुविधाओं में सहयोग करने के लिए सहकारी समितियों की पहल होगी इस योजना को राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम एनसीडीसी ने बनायी है और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर पहले और दूसरे चरण के मतदान के लिये चूनाव प्रचार जोरों पर

अंतिम चरण के लिये नामांकन प्रक्रिया जारी विधानसभा अध्यक्ष विजय कूमार चौधरी मंत्री विजेन्द्र यादव और विनोद नारायण झा ने भरा पर्चा